वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने भी अगस्त से हो जाएंगी प्रारंभ

प्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये यात्रियों की चिंताओं को दूर करते हुए बताया कि घरेलू उड़ाने चरणबद्व तरीके से सोमवार से शुरू हो जाएंगी उन्होंने कहा कि देश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने इस वर्ष अगस्त से पहले काफी संख्या में शुरू हो जाएंगी उन्होंने कहा कि विमानों का संचालन बढ़ाने का फैसला विमान संचालन के शुरूआती चरण के आंकलन के आधार पर होगा नक़वी लीड हनर हाट केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री म्ख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि कोरोना महामारी की च्नौतियों के चलते लगभग पांच महीनों के बाद दस्तकारों शिल्पकारों का सशक्तीकरण करने वाला हनर हाट सितम्बर से लोकल से ग्लोबल थीम एवं पहले से ज्यादा दस्तकारों की भागीदारी के साथ श्रू किया जाएगा देश के दूर दराज के क्षेत्रों के दस्तकारों शिल्पकारों कारीगरों ह्नर के उस्तादों को मौका और बाजार देने वाला ह्नर हाट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रामाणिक ब्रांड बन गया है डिजाइनर मास्क प्रदेश में अब मास्क के साथ साथ डिजाइनर मास्क की मांग भी तेजी से बढ़ रही है मृगनयनी के बादइस बात को समझते हुए स्वयंसेवी संगठनों ने भी डिजाइनर मास्क बनाना श्रू कर दिया है सोसायटी फॉर कम्य्निकेशन एंड सोशल रिसर्च एससीएसआर दवारा राघौगढ़ में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है यहाँ सामान्य मास्क के साथ साथ डिजाइनर कॉटन बाघ प्रिंट के मास्क भी बनाए जा रहे हैं

टिड्डी दल प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा हैअब तक कई जिले इसी चपेट में आ गए हैं टिड्डियों के एक बड़ा दल ने सीहोर के नसरुल्लागंज में मूंग की फसल को अपना निशाना बनाया है उधर शिवप्री जिले में कलेक्टर श्रीमती अन्ग्रहा पी ने टिड्डी दल से बचाव के लिए समस्त अन्विभागों के एसडीएम जनपद सीईओ और सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रो में निगरानी करें

श्री गांधी ने प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत का एक वीडियो शनिवार को जारी करते हुए कहा कि मजदूरों को डरने की कोई जरूरत नहीं है वह उनकी समस्याओं के निदान का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं

बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर तीन हो गई सिवनी जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट गया

नीमच जिला धीरे धीरे कोरोना की जंग जीत रहा है

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं ई सेवा केंद्र जिला न्यायालय परिसर सागर में आज ई सेवा केन्द्र का औपचारिक उद्घाटन जिला न्यायाधीश केपी सिंह ने किया

प्लिस अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण कर जांच पड़ताल कर रही है